ऊना जिले के गोंदपुर बनहेड़ा में आज राज्य शिक्षक संघ के एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है और उन्हें नशीली दवाओं के बढ़ते दुरूपयोग को रोकने के लिए आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री ने अध्यापकों से छात्रों की बदलती आदतों और व्यवहार पर नज़र रखने का आहवान भी किया उन्होंने कहा कि हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में देशभर के बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है और इसका श्रेय राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के अलावा अध्यापकों को भी जाता है एम्स केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स निर्माण स्थल का भूमिपूजन करेंगे

बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है

अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने आज मण्डी में विभिन्न विकास कार्यों का जायज़ा लिया

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से पार्टी से संबंधित किसी भी मामले को मीडिया में न ले जाने की सलाह दी है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी करना कांग्रेस विचारधारा के खिलाफ है और इससे पार्टी की छवि ध्रमिल हो रही है राठौर ने कहा कि मीडिया में बयानबाज़ी करने वाले नेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी

मरने वालों में एक महिला व दो पुरूष शामिल हैं ये सभी जम्मू कश्मीर के बसोली के रहने वाले थे और एक समारोह में भाग लेने के बाद वापिस लौट रहे थे प्रशासन व पुलिस की टीमों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शवों को खाई से निकाला मौसम लाहौल स्पीति ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज दूसरे दिन भी रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जिससे जिले में ठण्ड बढ़ गई है राज्य के अन्य इलाकों में आज घने बादल छाए रहे और ठण्डी हवाएं चलती रहीं मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन प्रदेश में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है

उधर लाहौल स्पीति ज़िले में जनवरी के महीने में भले ही लोगों को रिकॉर्ड ठण्ड का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इस बार बर्फबारी अपेक्षाकृत कम हुई है कम बर्फ पड़ने से ज़िले के किसान चिंतित हैं मांग चम्बा के जनजातीय क्षेत्र पांगी की लुज पंचायत के लोगों ने धरवास हैलीपैड के लिए हवाई उड़ानें करवाने की सरकार से मांग की है पंचायत के उप प्रधान हंसराज ने कहा कि अभी तक धरवास के लिए एक भी हवाई उड़ान नहीं हुई है और क्षेत्र में कई रोगियों को इलाज के लिए घाटी से बाहर जाना है उन्होंने सरकार से जल्द उड़ानें करवाने का आग्रह किया है